निर्वाचन आयोग विज्ञापन पाबंदी भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अन्य संगठनों पर चुनाव के सभी चरणों में मतदान के दिन और एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित कराने पर पाबंदी लगा दी है आयोग ने कहा कि चुनाव के समय ऐसे विज्ञापनों से पूरी चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा मतदान से ठीक पहले इस तरह के विज्ञापन समूची चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं ऐसे विज्ञापनों से प्रभावित होने वाले राजनीतिक दल और उम्मीदवारों को स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं मिलेगा आयोग ने इस सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखा है और सभी राजनीतिक दलों उम्मीदवारों और अखबारों को निर्देश जारी करने को कहा है मतदान स्पष्टीकरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मतदान केन्द्र में वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है मतदाता सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मत देना संभव नहीं होगा उन्होंने कहा कि चुनौती वोट का इस परिस्थिति से कोई संबंध नहीं है श्री साहू ने बताया कि चुनौती वोट की स्थिति तब निर्मित होती है जब किसी मतदाता के पहचान को किसी अभ्यर्थी के अभिकर्ता द्वारा चुनौती दी जाती है ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी चुनौती की जांच के बाद चुनौती सिद्ध नहीं होने पर व्यक्ति को मत डालने की अनुमति देंगे और ऐसे वोट को चुनौती वोट कहा जाता है यदि चुनौती सिद्ध हो जाती है अर्थात मतदाता गलत पाया जाता है तो उसे मत डालने से वंचित किया जाएगा और लिखित शिकायत के साथ पुलिस को सौंपा जाएगा

गौरतलब है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि मतदान केन्द्र में पहंचने पर मतदाता सुची में नाम नहीं होने की स्थिति में भी मतदाता अपना मतदान कर सकता है इसी तरह टेंडर वोट को लेकर सोशल मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है कि यदि किसी भी मतदान केन्द्र में चौदह प्रतिशत से अधिक टेंडर वोट रिकॉर्ड करता है तो ऐसे पोलिंग बूथ में पुनर्मतदान किया जाएगा

उन्होंने कहा कि टेंडर वोट को लेकर किसी भी मतदान केन्द्र में पुनर्मतदान का कोई प्रावधान अस्तित्व में ही नहीं है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि किसी मतदाता के बदले अन्य किसी व्यक्ति ने मतदान कर लिया हो तो वास्तविक मतदाता टेंडर वोट की मांग कर सकता है और उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा पेपर बैलेट से मत देने का अवसर दिया जाएगा

इस चरण में प्रदेश के सात लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक सौ उनचास उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था जिनमें से ग्यारह अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र निरस्त किए गए थे सबसे अधिक छह नामांकन पत्र रायपुर लोकसभा क्षेत्र में निरस्त किए गए तीसरे चरण के लिए सबसे अधिक बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में सत्ताईस अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं लोकसभा चुनाव विशेष बुलेटिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा कल से चौबीस अप्रैल तक विशेष समाचार बुलेटिन और कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे इस दौरान वर्तमान में प्रसारित किए जा रहे हिन्दी और छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के अलावा सुबह नौ बजकर दस मिनट से नौ बजकर बीस मिनट तक दस मिनट के लिए तथा दोपहर दो पचपन से तीन बजे तक पांच भिनट के लिए विशेष हिन्दी बुलेटिन प्रसारित किया जाएगा

वहीं हिन्दी एफएम हेडलाइन प्रत्येक दिन तीन बार सुबह नौ बजकर अंठावन मिनट ग्यारह बजकर पांच मिनट और शाम पांच बजकर पांच मिनट पर प्रसारित की जाएगी इसी तरह छत्तीसगढ़ी एफएम हेडलाइन भी शाम पांच बजकर सात मिनट पर प्रसारित होगी इनके अलावा प्रत्येक बुधवार को रात्रि नौ बजकर सोलह मिनट से नौ बजकर तीस मिनट तक लोकसभा चुनाव पर आधारित विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा ये सभी चुनाव पर आधारित विशेष हिन्दी और छत्तीसगढ़ी बुलेटिन आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रसारित किए जाएंगे और छत्तीसगढ़ रिथत आकाशवाणी के सभी केन्द्र इन्हें एक साथ रिले करेंगे बातों बातों में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू आकाशवाणी के माध्यम से प्रदेश में तीन चरणों में होने वाले मतदान की तैयारियों और मतदान केन्द्र पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देंगे इस दौरान श्री साहू मतदान की प्रक्रिया पोलिंग बूथों पर दी जा रही सुविधाओं के अलावा मतदाता को वोट डालने के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताएंगे आकाशवाणी रायपुर से इस संबंध में उनकी भेंट वार्ता का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे किया जाएगा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री साहू आकाशवाणी रायपुर के समाचार एकांश के साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के तहत समाचार संपादक विकल्प शुक्ला से चर्चा करेंगे राज्यपाल मैनपाट राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि मैनपाट तिब्बती और स्थानीय संस्कृति का अनुपम संगम है उन्होंने कहा कि मैनपाट में बसे तिब्बतियों ने गौतम बुद्ध के संदेशों को आत्मसात करते हुए अपनी संस्कृति के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को महत्व देकर संस्कृतियों का अनुपम संगम स्थापित किया है राज्यपाल आज मैनपाट में स्थित प्रथम बुद्ध मंदिर में आयोजित तिब्बती सांस्कृतिक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि भगवान गौतम बुद्ध का संदेश पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में एकाकार करने का रहा है उनका संदेश वसुधैव कुटुम्बकम के लिए प्रेरित करता है

इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि भाजपा ने एक विचारधारा को स्थापित करने के संकल्प के साथ यात्रा प्रारंभ की थी पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वर्ष उन्नीस सौ अस्सी में स्थापित भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है यह गर्व का विषय है कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं लोस चुनाव राशि जब्त लोकसभा चुनाव के तहत कल बेमेतरा में निगरानी दलों ने जांच के दौरान एक चारपहिया वाहन से तेरह लाख उन्नीस हजार रूपये नगद बरामद किए हैं इस राशि को जब्त कर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है जिला निर्वाचन अधिकारी महादेव कावरे ने बताया कि जिले के कठिया चेकपोस्ट पर जांच के दौरान रायपुर से कवर्धा जा रहे एक वाहन से यह राशि बरामद की गई वाहन में तीन लोग सवार थे पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं देने और दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर बरामद राशि को जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी गई माओवादी विस्फोट राजनांदगांव जिले में आज माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का एक जवान घायल हो गया घटना के बाद इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है मिली जानकारी के मुताबिक जिले के मानपुर इलाके में आईटीबीपी के जवान सर्चिंग के लिए निकले थे इसी दौरान माओवादियों ने एक के बाद एक दो विस्फोट किए

उधर धमतरी जिले में बीते पांच अप्रैल को हुए माओवादी हमले के मामले में धमतरी कोतवाली थाने में बारह माओवादियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया गया है इनमें छह महिला माओवादी भी शामिल हैं इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया था

इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राजधानी रायपुर में आज विभिन्न स्वास्थ्य और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा सेमीनार परिचर्चा और संगोष्ठियों के अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं इस वर्ष का थीम है सभी के लिए इलाज रायपुर रेलवे मंडल द्वारा वाकथन पैदल चाल का आयोजन किया गया वहीं स्वास्थ्य सेमीनार भी लगाया गया इस अवसर पर डॉक्टरों ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए टिप्स दिए डॉक्टरों ने लोगों को बीमारियों से बचने के लिए कम नमक और शक्कर के इस्तेमाल के अलावा पैदल चलना साइकिलिंग स्वीमिंग और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी